इससे पेट्रोल डीजल की कीमत दो रूपये पच्चीस पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है नई दरें आज से लागू हो गई हैं

छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में होगा प्रधानमंत्री संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात देश को संबोधित करेंगे जिसका आकाशवाणी से रात आठ बजे विशेष प्रसारण किया जाएगा यह घोषणा प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक द्वीटर एकाउंट के माध्यम से की गई है बारिश राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में पिछले चौबीस घंटे से बरस रही सावन की झड़ी जहां किसानों के लिए खुशियां लेकर आई है वहीं शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए यह आफत बन रही है लगातार और कहीं कहीं रुक रुककर हो रही बारिश से प्रदेश के अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं वहीं कई सड़क मार्ग बंद हो चुके हैं जगदलपुर में एक मकान के ढह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं दो बच्चों सहित एक महिला घायल हो गई है बस्तर संभाग में पिछले दो दिनों से हुई बारिश के कारण सभी नदी नाले उफान पर हैं ओडिशा के खातीगुड़ा बांध के दो गेट खुलने के कारण नदियों का जलस्तर और बढ़ गया है जगदलपुर की निचली बस्तियों में पानी भर गया है वहीं दंतेवाड़ा जिले में कई मकान ढह गए हैं सुकमा जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं शबरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है

बीजापुर जिले में भारी बारिश से इंद्रावती नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है

महानदी का जलस्तर बढ़ने से राजिम के त्रिवेणी संगम में नदी का पानी कुलेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंच गया है

इधर रेल ट्रैक बह जाने के कारण संबलपुर रेलमंडल के तहत टिटलागढ़ सेक्शन की ओर से गुजरने वाली करीब दस ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है इस कारण कई ट्रेनों को बदले हुए रूट से रवाना किया जा रहा है आज रायपुर और विशाखापटनम के बीच चलने वाली दोनों तरफ की पैसेंजर रद्द रहीं

इससे पेट्रोल डीजल की कीमत दो रूपये पच्चीस पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है नई दरें आज से लागू हो गई हैं रायपुर में अब पेट्रोल की दर तिहत्तर रुपए दस पैसे प्रतिलीटर हो गई है इसी तरह डीजल की कीमत बढ़कर इकहत्तर रूपये बावन पैसे हो गई हैं सरकार के रियायत हटाने के बाद भी छत्तीसगढ़ में वैट की दर कम होने के कारण सीमावर्ती राज्यों जैसे मध्यप्रदेश महाराष्ट्र और ओडिशा आदि राज्यों की तुलना में पेट्रोल और डीजल का मूल्य कम है विश्व आदिवासी दिवस विश्व आदिवासी दिवस कल मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में होगा इस कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में केन्द्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री रेणुका सिंह मौजूद रहेंगी इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनुसूचित जाति और जनजाति मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद रहेंगे उल्लेखनीय है कि जनजातीय समाज में विद्यमान समस्याओं के निराकरण के लिए वर्ष उन्नीस सौ चौरानवे में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा नौ अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया था विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता को बधाई दी हैं प्रदेश में पहली बार सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर शासकीय अवकाश घोषित किया है इस दिन सभी सरकारी कार्यालय प्रतिष्ठान और स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे पूरक परीक्षा परिणाम स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज शाम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के हाईस्कूल हायर सेकण्डरी और हायचर सेकण्डरी व्यावसायिक पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा की ये परिणाम मंडल की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं इन परीक्षाओं में पचासी हजार से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे जिनमें से करीब पच्चीस हजार अभ्यर्थी सफल हुए हैं भाजपा श्रद्धांजलि पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज को श्रद्वांजलि देने के लिए आज रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में एक सभा का आयोजन किया गया पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सांसद रामविचार नेताम सुनील सोनी के अलावा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय सुषमा स्वराज को याद किया इस मौके पर स्वर्गीय सुषमा स्वराज के व्यक्तित्व और जीवन पर आधारित एक वीडियो का प्रसारण भी किया गया संक्षिप्त समाचार अगस्त क्रांति दिवस की आज सतहत्तरवीं वर्षगांठ मनाई जा रही है कृतज्ञ राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानियों को श्रृद्धांजलि देने के साथ ही शहीदों के बलिदान को भी याद कर रहा है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख अजीत जोगी ने आदिवासियों से जुड़े नौ मुद्दों को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके को एक ज्ञापन सौंपा श्री जोगी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की राष्ट्रीय क्रमि मुक्ति दिवस पर आज प्रदेश में एक से उन्नीस वर्ष तक के बालक बालिकाओं को कृ मिनाशक दवा एल्बेंडाजॉल खिलाई गई

रायगढ़ में कल रात अज्ञात चोरों ने स्टेट बैंक का एटीएम उखाड़कर करीब साढ़े छब्बीस लाख रूपये की चोरी कर ली